यह कार्यक्रम जयपूर में मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन तरीके से किया जायेगा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान में सत्ता और संगठन में तालमेल बनाए रखने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के सी वेणुगोपाल और अजय माकन को शामिल किया गया है एक अन्य निर्णय में पार्टी ने अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को राजस्थान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है

स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले कोरोना योद्वाओं को उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि अभी तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिक इनकी सफलता के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं

जम्मू कश्मीर में सुशासन की पहल के लिए जारी अभियान को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर सिंह और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पोर्टल के अगले चरण के विस्तार के लिए टेलिफोन पर चर्चा की आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके पास भारतीय रेलवे की कोविड केयर कोच के बारे में जानकारी लेकर आए हैं

प्रदेश में बारिश का दौर जारी है

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि दो दिन में बीकानेर संभाग के जिलों खासतौर पर उत्तर पश्चिमी जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है

प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके विचार और सुझाव कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किए हैं